रिपोर्ट आपत्ति केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की स्थिति के बारे में किसी अन्य देश की सरकार को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं हैं अमरीकी विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रकाशित ताजा रिपोर्ट मे दावा किया गया था कि पिछले वर्ष भारत में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनायें बढ़ी हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत एक सशक्त लोकतंत्र है जहां संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है उन्होंने कहा है कि भारत को धर्मनिरपेक्षता विशालतम लोकतंत्र और बहुलतावादी समाज के साथ सहिष्णुता और समावेशिता के प्रति अपनी वचनबद्धता पर गर्व हैं उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों सहित अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गांरटी देता हैं इस संबंध में कल भाजपा के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि अमरीकी सरकार की यह रिपोर्ट पार्टी और नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रति दुर्भावनापूर्ण हैं उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा को सुनियोजित बताया जाना सरासर गलत हैं ऐसे अधिकतर मामले स्थानीय विवादों का नतीजा और आपराधिक प्रवृति के लोगों की करतूत होते हैं गहलोत केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत ने आज सीहोर में स्वीकृत राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वास केन्द्र के निर्माण स्थल का अवलोकन किया लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों ने श्री गहलोत को बताया कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की वजह से इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू नही हो पाई थीं लेकिन अब जुलाई के पहले पखवाड़े में इसकी ई टेंडरिंग जारी कर दी जाएगी

राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस बीमारी का कोई भी लक्षण अभी तक प्रदेश में सामने नहीं आया है लेकिन हमें सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है स्वास्थ विभाग के लिए जारी निर्देश में कहा गया है कि इस बीमारी के लक्षण का कोई भी मामला संज्ञान में आने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाये स्कूल चलें मुख्यमंत्री कमलनाथ कल झाबुआ के उत्कष्ट विद्यालय से स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत करेंगे इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा इस दौरान स्कूलों में शाला प्रबंधन समिति की बैठक और विशेष बाल सभाओं का आयोजन किया जायेगा सभी बच्चों का उम्र के अनुसार कक्षा में नामांकन किया जायेगा अभियान को सफल बनाने के लिये जन प्रतिनिधियों मिल बाँचे एवं प्रणाम पाठशाला के स्वयंसेवक स्थानीय नागरिकों पालकों शिक्षाविदों गैर सरकारी संगठनों तथा सभी शासकीय विभागों से अपील की गई है आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्कूलों में कल प्रवेश उत्सव के साथ ही विशेष बालसभा और शाला प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया जायेगा वहीं खरगौन में भी स्कूलों में पहले दिन बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जायेगा और उन्हें पाठ्य प्रस्तकें दी जायेंगी खण्डवा कटनी उमरिया शाजापुर नरसिंहपुर भिण्ड मुरैना ग्वालियर अनूपपुरदतिया शिवपुरी शहडोल राजगढ़ सीहोर झाबुआ बड़वानी सागर अर्शोकनगर रायसेन गुना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्कूल चले अभियान को लेकर समाचार मिले हैं स्वच्छता पुरस्कार स्वच्छ भारत अभियान के तहत खंडवा में शौचालय निर्माण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला पंचायत के कॉर्डिनेटर सहित चार स्वच्छताग्राही को कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया जाएगा

इस मामले में राज्य कारागार महानिदेशक संजय चौधरी ने फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पचास पचास हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है गौरतलब है कि अलग अलग अपराधों में सजा काट रहे कैदी आज सुबह जेल की दीवार फांदकर फरार हो गये कैदियों को पकड़ने के लिए जिले के साथ ही आसपास के क्षेत्रों की नाकाबंदी कर दी गई है

शहडोल कमिश्नर आरबी प्रजापति ने मझगवां और छिल्पा सहकारी समितियों के प्रबंधक और प्रशासक को इस मामले में निलबिंत कर दिया है आरोप है कि समिति प्रबंधकों ने किसानो के खातों में आधी अधूरी राशि डाली है मामले की शिकायत होने पर संभागायुक्त ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जांच सौंपी थी

दोनो समितियों ने किसानों को बीमा क्लेम की राशि भी नहीं दी है

बैठक में सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया बैठक मे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत प्रहलाद पटेल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह भी शामिल हुए मानसून प्रदेश के पूर्वी हिस्से में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है

पिछले चौबीस घण्टों के दौरान इंदौर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर शहडोल जबलपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर और रीवा भोपाल सागर उज्जैन और होशंगाबाद संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा हुई मौसम विमाग ने उमरिया अन्पपुर शहडोल डिण्डौरी जबलपुर मंडला बालाघाट नरसिंहपुर सिवनी कटनी छिंदवाड़ा इंदौर धार खंडवा खरगौन अलीराजपुर झाबुआ बड़वानी बुरहानपुर जिलों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है

बुरहानपुर जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो ने केन्द सरकार के उस फैसले का हु किया है जिसमें मदरसों में विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों की शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है